चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने ये जानकारी दी

यह मध्यम ऊंचाई तक उडान भर सकता है कर्नाटक में चालाकेरे परीक्षण केन्द्र से हुए परीक्षण के बाद अब इस ड्रोन का इस्तेमाल सुरक्षा बलों के लिए हवाई निगरानी और जमीन की पैमाइश में होगा अधिकारियों ने बताया कि इसे अमेरिकी ड्रोन की तकनीक के आधार पर विकसित किया गया है और इसमें उच्च क्षमता का ईंजन लगा है केन्द्रीय विधि न्याय और कॉर्पोरेट राज्य मंत्री पी पी चौधरी ने पाली जिले में सड़कों के किनारे कंटीली झाड़ियों को हटाने के लिए मुहिम चलाई जाने की जरुरत बताई है उन्होंने कहा कि जैतारण में वन विभाग की बारह हजार बीघा जमीन पर कंटीली झाड़ियों को हटाने के लिए महात्मा गांधी नरेगा के तहत श्रमिकों को लगाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जायेगा श्री चौधरी कल पाली जिले के परिषद सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति के एस झवेरी ने किशोर न्याय प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए साझा और प्रभावी रणनीति पर कार्य करने की जरूरत बताई हैं श्री झवेरी कल उदयपुर में किशोर न्याय प्रणाली के तहत हितधारकों की एक दिवसीय कार्यशाला में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि बाल श्रमिक और पीड़ित बालक प्रतिकर योजना के तहत मुआवजा पाने के अधिकारी हैं

राजसमन्द में जल्दी ही चालीस लाख रुपए की लागत से सुपर मार्केट बनाया जाएगा उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने ये जानकारी दी वे कल राजसमन्द जिला मुख्यालय महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए आयोजित तीन दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोल रही थी उन्होंने कहा कि सुपर मार्केट के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है सीकर जिले में खाट्श्याम जी का मुख्य मेला आज भरेगा मेले की शुरूआत से ही यहां देश और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से काफी संख्या में श्रद्धालू पहुंच रहे हैं प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये हैं वहीं पद यात्रियों के लिए जगह जगह लंगरों की व्यवस्था की गई है मुख्य मेले पर आज जिला कलेक्टर ने जिले में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है प्रदेश में विभिन्न समाजों की संस्कृति और साहित्य की प्रगति तथा संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत कोटा विश्वविद्यालय में प्रदेश की दूसरी सिन्धु शोध पीठ शुरू की गई है शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की शोध पीठ के बाद यह पीठ भी सिन्धू साहित्य और संस्कृति से संबंधित शोध के लिए काम करेगी श्री देवनानी ने बताया कि शोध पीठ को गति देने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा एक करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया गया है

सिरोही जिले में आबू रोड़ स्थित ब्रह्माकुमारी संगठन के शांतिवन परिसर में चल रहे अंतरराष्ट्रीय महासम्मेलन में कल विशेष अतिथि के तौर पर श्री ओबासन्जों ने कहा कि ब्रह्माक्मारी संगठन जन जन को शांति का संदेश देने का काम कर रहा है और यह संगठन विश्व में शान्ति स्थापित करने में सफल होगा जयपुर के ब्रह्मपुरी थाना इलाके में कल एक सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई हादसा टैक्सी और ईंटों से भरे ट्रैक्ट्र ट्रॉली की आमने सामने की टक्कर से हुआ

जालौर जिले के देवपुरा के पास पिकअप और मोटरसाईकिल की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई जयपुर के रामनिवास बाग में कल से ओपन एयर थियेटर की शुरूआत हुई